श्री चौहान आज भोपाल में प्रशासन अकादमी में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण संबंधी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि नियम कायदे और कानून सब जनहितकारी होने पर ही मान्य हैं ऐसा नहीं होने पर उन्हें बदला जायेगा सरकार ने अवैध कॉलोनी के दर्द को समझ कर नियमित करने का कार्य किया है उन्होंने कहा कि वे स्वयं अवैध कॉलोनी नियमितिकरण की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे श्री चौहान ने असंगठित मजदूर पंजीयन कार्य अभियान के रूप में करने के निर्देश भी दिये राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज बुरहानपुर जिले से राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्रीमति पटेल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये शुरू किये गये कार्यकमों से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास तभी पूरा होगा जब समाज स्वयं भी योजनाओं का लाभ लेने की पहल करेगा इस मौके पर उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरित किए गए इस अवसर पर शक्ति संगम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसके अंतर्गत पिंक ड्राईविंग लाईसेंस लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए यहां महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस उपस्थित थी भाजपा बैठक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के पदाधिकारियों से कहा है कि वे मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का फीडबैक ध्यान से सुनें श्री सिंह ने आज भोपाल स्थित भाजापा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में यह बात कही श्री सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और मंडल एवं ब्रथ के कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे गुप्ता राजस्व विज्ञान उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि प्रायवेट एजेंसी को भी आधार कार्ड बनाने के लिए अनुमति दी जाये उन्होंने कहा है कि अनुमति देने के पूर्व उनकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करें श्री गुप्ता आज भोपाल में आधार कार्ड बनाने के लिए खोले जा रहे केन्द्रों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि अतिरिक्त लोक सेवा केन्द्रों पर तथा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संकुल केन्द्रों पर आधार कार्ड बनाने के लिए खोले जाने वाले केन्द्रों के संबंध में भी कार्यवाई जल्दी करें मानवाअधिकार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आज प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह की बहू की आत्महत्या के मामले सहित अन्य मामलों पर संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया मंत्री रामपाल सिंह की बहू प्रीति के आत्महत्या मामले में मृतिका के परिवार को अभी तक न्याय न मिल पाने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक रायसेन से अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति का प्रतिवेदन मांगा है इसी तरह भोपाल के पुराने शहर में दौड़ रही अनफिट लो फलोर बसों से यात्रियों को हो रही असुविधा पर भी संज्ञान लिया गया है ई वेस्ट प्रबंधन प्रदेश में ई वेस्ट प्रबंधन के लिये विशेषज्ञों शिक्षण संस्थाओं गैर सरकारी एवं प्रशासनिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित की जायेगी यह जानकारी आज भोपाल में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अनुपम राजन ने एप्को में बोर्ड द्वारा ई वेस्ट प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में दी उन्होंने कहा कि सभिति समय समय पर प्रदेश में ई वेस्ट प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड और शासन को सलाह देगी

जिसके मद्देनजर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है नगर पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब श्री शर्मा शहर कोतवाली के पास से गुजर रहे थे वारदात के बाद भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया गया है लेकिन चालक फरार हो गया घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है इसमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने किस तरह गलत साइड जाकर बाइक पर जा रहे संदीप को कुचला और फिर तेजी से भाग गया वायरोलॉजी लैब प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब स्थापित की जायेगी पहली वायरोलॉजी लैब गाँधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थापित की जा रही है यह लैब प्ररे प्रदेश में सबसे बड़ी होगी

गाँधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इस लैब की इमारत बन कर तैयार हो चुकी है लैब जल्द ही शुरू होगी दूसरे चरण में ग्वालियर इंदौर रीवा और सागर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी जीएसटी प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से अनेक कराधान प्रणालियों के अन्तर्गत कर दाताओं को वाणिज्यिक कर विभाग ने राहत पहुँचायी है

इस महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल होंगे महोत्सव में दीप फोक डांस वेलफेयर अकादमी लुधियाना के सुखबीर सिंह और दल द्वारा पंजाबी लोकगीत तथा नृत्य की प्रस्तुति होगी

जिससे इलाज के लिये समय अस्पताल ले जाते समय कर्मचारी की मौत हो गई

ढोल नगाडो के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में नगर वासियों ने बढचढकर हिस्सा लिया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में जलसंसद का आयोजन किया जायेगा

जिसमें राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत चयनित मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा